प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उदघाटन करते हए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में विषय वस्तु रोकने के संबंध में नये प्रावधान नहीं बनाये गये हैं

अब उनके स्थान पर नयी नियमावली में इस प्रावधान का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण सचिव करेंगे केन्द्र सरकार ने मौजुदा खरीफ विपणन सीजन में न्युनतम समर्थन मुल्य पर एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ दो करोड रुपए की धान की खरीद की है इससे लगभग छियानबे लाख चालीस हजार किसानों को फायदा हुआ है

इनमें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाड जम्म् कश्मीर ग्जरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखंड असम कर्नाटक और पश्चिम बंगाल शामिल हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सुचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण कोन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी

देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण में तेजी के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोविड मानकों में ढील नहीं देने और उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है उन्होंने दोहराया कि राज्यों को संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और पिछले वर्ष कड़े सामूहिक प्रयासों से अर्जित किये गये लाभ को गंवाना नहीं चाहिए कल एक समीक्षा बैठक में राज्यों को संक्रमण फैलाने वाली घटनाओं के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया प्रभावी जांच व्यापक खोजबीन और कोविड मरीज के निकट संपर्क में आने वाले लोगों को अलग थलग करने पर भी जोर दिया गया मुख्य सचिवों को कोविड मानकों को लागू नहीं होने पर भारी जुर्माने से भी अवगत कराया गया

कल से बुजुर्गों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर राज्य में तैयारियां तेज कर दी गई हैं राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार प्रसाद के अनुसार एक मार्च से शुरू हो रहे अभियान में साठ से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जायेगा टीका लेने के लिए पहले पंजीयन कराना होगा पंजीयन के लिए कोविन एप डाउनलोड करना होगा वैक्सीन लेने के लिए बताना होगा कि वे किस वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाना चाहते हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में बयालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं एकतालीस मरीज स्वस्थ हए हैं सबसे अधिक रांची जिले में तैंतीस कोरोना मरीजों की पुष्टि हई है वर्तमान में प्रदेश में कल चार सौ बानवें सकिय मरीज हैं इनमें सबसे अधिक रांची में दो सौ सतहत्तर मरीज हैं प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर अंठानयें दशमलव छह आठ प्रतिशत पहुंच गया है खादी और ग्रामीण उद्योग के ई मार्केट पोर्टल पर इसके शुरू होने के मात्र आठ महीने के भीतर एक करोड दस लाख रुपये का कारोबार दर्ज किया गया है सुक्ष्म लघ और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने ई कामर्स के इस पोर्टल की सराहना की है उन्होंने कहा है कि इस पोर्टेल ने खादी और ग्रामोउद्योग के विभिन्न उत्पादों को बड़ी आबादी को उपलब्ध करा दिया है श्री गडकरी ने कहा कि ई पोर्टल का कारोबार दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक लिये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए

चतरा सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया

युवक को चतरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चिंताजनक अवस्था में रांची रिम्स रेफर कर दिया गया नाबालिग छात्रा के साथ द्ष्कर्म मामले में खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने कल सजा सुनायी

संबंधित मामले में और दो लोग शामिल थे लेकिन दोनों निरुद्व बालक होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना के बाघाकोल गांव में हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई दोनों मृतक गंगा स्नान करने भागलपुर जा रहे थे इसी क्रम में बौंसी थाने के बाराहाट के पास ट्रक की चपेट में उनकी मोटरसाइकिल आ गई वहीं दूसरी ओर गोड्डा संदर पहाड़ी मार्ग के बथानटांड के पास एक वाहन पलट जाने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए सभी गंगा स्नान कर लौट रहे थे घायलों का उपचार सदर अस्पताल गोड्डा में किया जा रहा है सरायकेला खरसावां जिले में चाइल्डलाइन की ओर से सरायकेला प्रखंड के कदमडीहा गांव में ग्रामीण बच्चों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता कराई गई

आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है

इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और मानव जीवन में इसके उपयोग का संदेश र्दना है

अखबारों की सुर्खियां देश में एक मार्च से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण की खबर को आज प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है प्रभात खबर का शीर्षक है एक मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण सरकारी अस्पतालों में फ्री बाजारों में नहीं मिलेगा टीका निजी अस्पताल प्रति खुराक ले सकते हैं ढाई सौ रूपये दैनिक भास्कर की खबर है बुजुर्गो पैतालीस पार के गंभीर रोगियों का टीकाकरण प्राइवेट अस्पताल कल से ढाई सौ रूपये में लगायेंगे कोरोना वैक्सीन दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है एक मार्च से शुरू हो रहा तीसरा चरण सरकारी केन्द्रों में टीकाकरण मुफ्त झारखंड में आज से शुरू होगा बुजुर्गों का पंजीयन दैनिक जागरण की बड़ी सुर्खी है कांग्रेस में खुली जंग के संकेत शांति सम्मेलन में जुटे दिग्गजों ने पार्टी की मजबूती के बहाने नेतृत्व को कटघरे में खडा किया वहीं रांची एक्सप्रेस लिखता है कांग्रेस में सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ बगावत दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है निजी अस्पताल वैक्सिनेशन के प्रति डोज के लिए ले सकते हैं ढाई सौ रूपये और अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने पकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है भारत की ओर से युद्ध विराम का स्वागत है